आम बजट से जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का पता लगाने के प्रयास के तहत ये कदम उठाया गया है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य शिक्षा बैंकिंग बुनियादी ढांचा ऊर्जा ग्रामीण विकास कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ साथ अग्रणी अर्थशास्त्रियों और उद्योग निकायों से भी बजट पूर्व चर्चा कर चुकी हैं केंद्रीय बजट पहली फरवरी को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित आवासों के डिफाल्टर आवंटियों के लिये वन टाइम सेटेलमेन्ट योजना ओटीएस तीन महीने के लिये शुरू करने के निर्देश दिये हैं लखनऊ में आज आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के लाभ के लिये इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये

उन्होंने कहा कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के अधिकारी जगह जगह कैम्प लगाकर लोगों को जागरूक करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके मुख्यमंत्री ने डिफाल्टर्स पर कार्रवाई न करने के लिये अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य के कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं यदि सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाते हैं तो काफी मात्रा में पानी की बचत की जा सकती है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले छह वर्ष में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्रो मोदी के जीवन पर आधारित कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है श्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने कृषि स्वास्थ्य देखभाल और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई सुधार किए हैं वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की जायेगी इस बात की जानकारी कल वाराणसी में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने दी उन्होंने कहा कि केन्द्र खोलने की पहल कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू कर दी है डॉ पाण्डेय ने कहा कि देश के विकास के लिये यूवाओं को कौशल विकास से जोड़ना बहुत ज़रूरी है शासन ने आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हल्पलाइन के प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन से संबंधित लंबित और डिफाल्टर प्रकरणों पर अधिकारी विशेष ध्यान दें और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाये जिससे लोगों को परेशान न होना पड़े उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निस्तारण की गति धीमी चल रही है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपदों से सिर्फ पत्र व्यवहार न करते हुये वहां संबंधित अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण किया जाये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

मुख्यमुंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में सड़कों और पुलों के लिये आवंटित धनराशि का शीघ्र सद्रपयोग करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इसके लिये ठोस और प्रभावी कार्ययोजना बनाते हुये साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किया जाये जिससे कार्य को समय पर पूरा किया जा सके श्री मौय कल विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ पथ निर्माण की कार्ययोजना बनाते हुये इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करायी जाये जिससे आगामी श्रावण माह तक मार्ग पूरा कर जनता को उपलब्ध कराया जा सके उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा सिविल इंजीनियरों को लोकनिर्माण विभाग में ठेकेदारी के लिये प्रोत्साहित किया जाये उपमुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रतिभाशाली टॉप बीस यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के घरों और स्कूलों तक सड़क बनवाने का कार्य किया जा रहा है अगले वित्तीय वर्ष से सीबोएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉप दस छात्र छात्राओं के घरों और स्कूल तक भी सड़कें बनवाई जायेंगी प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पिछले दो दिनों से हो रही रूक रूक कर मध्यम से तेज गति की वर्षा के कारण तापमान में गिरावट आई है ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण आम जन जीवन प्रभावित हुआ है इस वर्षा को फसलों के लिये फायदेमंद बताया जा रहा है वहीं पूरे राज्य में शीत लहर का प्रकोप बढ़ गया है कई स्थानों पर ओला वृष्टि के कारण फसलों को नुकसान के समाचार हैं कई जनपदों में विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है वहीं कई जगह स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया हैं बारिश की वजह से दिन के तापमान में कमी आई है हालांकि रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया हालांकि बारिश की वजह से गेंहू के किसानों को कुछ फायदा हुआ है लेकिन कई स्थानों पर दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचा है मौसम विभाग ने राज्य के कई स्थानों पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने और ओले पड़ने की भी चेतावनी जारी की है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पीलीभीत में बरसात होने से मौसम काफी सर्द हो गया जिले में पांचवीं तक के विद्यालय ग्यारह फरवरी तक बंद कर दिये गये हैं बागपत में वर्षा के कारण तापमान सात डिग्री सेन्टीग्रेट पर आ गया किसानों की परेशानी यह है कि यदि बारिश और तेज हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है वाराणसी में हवाई अड्डे पर दृश्यता काफी कम हो जाने से कई उड़ाने प्रभावित हुई बलरामपुर में सुबह से बूंदा बांदी और कोहरे के कारण गलन फिर बढ़ गई है शामली जनपद में रूक रूककर बारिश होने से जल भराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है हमीरपुर में बूंदाबांदी से गलन में बढ़ोत्तरी हुई है बरेली में तेज बारिश के साथ ओला वृष्टि से शीतलहर तेज हो गई है हापुड़ आज़मगढ़ सम्भल सहित अन्य जनपदों में वर्षा के कारण ठिठुरन से आम जन जीवन प्रभावित हुआ प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि उद्यमियों की समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाये जिससे उन्हें उद्योग की समस्याओं के निस्तारण के लिये कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े

उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास सरकार की उच्चतम प्राथमिकताओं में शामिल है प्रदेश सरकार की औद्योगिक और निवेश नीतियों और नियमों के अनुसार उद्यमियों की समस्याओं का तत्काल अथवा निश्चित समय पर समाधान कराया जाये जिससे उन्हें उद्योग बन्धु की बैठकों में बार बार न आना पड़े केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में मंगा लिया जाए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएबोबड़े न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि केंद्र की इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी याचिकाएं उच्चतम न्यायालय नहीं मंगाई गई तो समस्या पैदा होगी क्योंकि विभिन्न उच्च न्यायालय अलग अलग विचार व्यक्त कर सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी प्रकार के गति अवरोधकों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम विशेषकर टोल प्लाजा पर सुगम और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है टोल प्लाजा पर फास्टैग के लागू होने के साथ वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए वहां बने गति अवरोधकों को हटाया जा रहा है